कांग्रेस ने जहां भाजपा पर विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाया है वहीं भाजपा ने इसका खंडन करते हए कहा कि कांग्रेस के विधायकों में ही सरकार के खिलाफ असंतोष है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल में कहा है कि विधायकों की खरीद फरोख्त में उनका कोई विश्वास नहीं है कांग्रेस व उसके समर्थक विधायकों में ही सरकार को लेकर असंतोष है

इसी बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि उनकी सरकार पर कोई संकट नहीं है वहीं भाजपा नेता और पूर्व मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस के मौजूदा संकट से उनका कोई लेना देना नहीं है राज्यपाल राज्यपाल एवं कुलाधिपति लालजी टंडन आज चित्रकूट स्थित ग्रामोदय विद्यालय के आठवें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए इस अवसर पर उन्होंने छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान की इससे पहले राज्यपाल ने सियाराम कुटीर पहुंचकर नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की

केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी इस कहानी संग्रह का कल नई दिल्ली में विमोचन करेंगी

वहीं कटनी जिले में कलेक्टर शशि भूषण सिंह ने स्वागतम नंदिनी कार्यक्रम की शुरूआत की है इसमें बच्चियों के जन्म पर माता पिता और बच्ची को सम्मानित जा रहा है

मुख्य सचिव एस आर मोहन्ती ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कलेक्टरों को निर्देशित किया कि विदेशों से आये यात्रियों विशेषकर चीन से आये यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण जरूर करवाया जाये

वहीं मौसम विभाग ने इस अंचल में दो दिन तक मौसम ऐसा ही बने रहने की संभावना जताई है

इस सम्मेलन में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव सहित कई वरिष्ठ नेता भाग ले रहे हैं

इसकी कीमत पांच लाख रूपये बताई जा रही है

इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है

शहडोल में वाहनों से अवैध वसूली करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है यह रात के समय पुलिसकर्मी बनकर वाहनों से वसूली कर रहे थे